सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में सामरिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीमावर्ती गांवों में पुलिस और अन्य सुरक्षाबल अत्यधिक सतर्क हो गये हैं ख्रफिया एजेंसियां निरंतर सक्रिय हैं जिले में वायुसेना के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस स्टेशन श्रीगंगानगर मिलिट्री स्टेशन साध्रवाली लालगढ़ जाटान और सूरतगढ़ सैनिक छावनी सीमा सूरक्षा बल के सभी बटालियन हैडक्वार्टर और सेक्टर हैडक्वार्टर और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट सहित लगभग सभी ऐसे सामरिक महत्व के स्थलों पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है इन स्थलों के आसपास पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं

आदेश के तहत सीमा पर दो किलोमीटर की पट्टी में शाम सात से सुबह छह बजे तक किसी तरह गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी इस दौरान किसान क्रषि कार्य के लिए सुरक्षा बलों की अनुमति से ही जा सकेंगे जिला कलेक्टर ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं उधर पाक सीमा से जुड़े बाड़मेर बीकानेर और जैसलमेर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीमा सुरक्षा बल की मदद से किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता लगाने के लिए तीनों जिलों के ग्रामीणों की मदद ली जा रही है

रेलवे स्टेशन के बाहर और हवाई अड्डे पर पुलिस के साथ क्यूआरटी के कमाण्डो तैनात किए गए हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने शहर के हर प्रमुख महत्वपूर्ण जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी है पुलिस और कमाण्डो को तैनात कर हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं

इस तरह की दो मिसाइलें अलग अलग ऊंचाई और स्थितियों में दागी गईं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिये निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की पांच तारीख को सुनायेगी न्यायालय ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी

उन्होंने एफपीओ के साथ उन उपायों के बारे में चर्चा की जिन्हें राज्यों के विशेष क्षेत्रों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा सकता है

राज्यपाल ने लोक कलाकारों का मानदेय आठ सौ रूपये से बढ़ाकर दो हजार रूपये किये जाने की पैरवी की राज्यपाल ने मानदेय के लिए केन्द्र के संस्कृति मंत्रालय को उनकी ओर से पत्र भेजे जाने के निर्देश भी दिये श्री सिंह कल राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की गवर्निंग बॉडी और एक्ज्यूकेटिव बोर्ड की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का अहम फैसला किया है श्री गहलोत के इस निर्णय से पिछले करीब छह साल से नियुक्ति की राह देख रहे इन युवाओं की आस पूरी होगी

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की परम्परागत कलाओं के क्षेत्र में महेश राजसोनी के निधन से अप्रणीय क्षति हुई है थेवा कला में उनके योगदान को सदैव याद किया जायेगा

इसमें राज्य में निवेश की संभावनाओ रोजगार के अवसर बढ़ाने सीएसआर की गतिविधियों में विस्तार और औद्योगिक विकास के साथ ही समग्र आर्थिक विकास से जुड़े विषयों के विषेषज्ञ जुटेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एक दिवसीय समिट का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक निवेश डेस्टिनेशन बनाने और त्वरित औद्योगिक विकास की रणनीति तैयार करना है

तीनों जिलों के व्यापारी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कच्चे आढ़तियों को कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया से बाहर करने और गेहूं सहित विभिन्न अनाजों की सरकारी खरीद ऑनलाइन किये जाने के खिलाफ हैं दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन अग्रवाल ने कहा कि यदि उनकी मांगों के प्रति सरकार उदासीन रहेगी तो आंदोलन तेज किया जायेगा

ठंडी हवा चलने से एक बार फिर ठिदुरन का अहसास हो रहा है